उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों की योजनाएं समयबद्व होने के साथ साथ जनहित पर केंद्रित होनी चाहिए जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहले संबंधित विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं की स्थिति का परीक्षण होना सुनिश्चित करें उसके बाद स्वयं भी एक एक प्राधिकरण की समीक्षा करें श्री योगी ने किसानों के हितों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिबद्वता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर बिक्री की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे न्युनतम समर्थन मृत्य का लाभ किसानों को समय से मिले उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी धान क्रय केंद्रों की समीक्षा की जाए मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए और कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे अब समाप्त हो चुके हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यूपी नेडा मुख्यालय पर लगाए गए चालिस किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा प्लांट और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सेव्स एनर्जी वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा सरक्षण की दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि उजाला योजना के तहत प्रदेश में अबतक दो करोड़ बासठ लाख एलईडी बत्ब बांटे गए हैं इससे प्रतिवर्ष तीन हजार चार सौ सात मिलियन यूनिट बिजली और तेरह सौ तिरसठ करोड़ रुपये की बचत हो रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय बारह लाख निजी नलकृप लगे हैं जिन्हें ऊर्जा दक्ष पंपों में बदलने का कार्य किया जा रहा है इससे करीब चार सौ करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत होगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रतिगामी कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार है श्री सिंह ने यह भी कहा कि हमारी उपज और खरीद दोनों ही भरपूर रही है और हमारे खाद्यान भंडार भरे हए हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी ट्कड़े ट्कड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठायी जा सकती है बिहार के पटना में बख्तियारपुर विद्यानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ट्कड़े ट्कड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के तीस हजार छः सौ पांच रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग पंचानबे प्रतिशत हो गई है अब तक तिरानबे लाख अटठासी हजार एक सौ उनसठ रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्ताईस हजार इकहत्तर नये रोगियों की पुष्टि हुई है जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या बढ़कर अट्ठानवे लाख चौरासी हजार एक सौ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल तीन सौ छत्तीस संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तैंतालिस हजार तीन सौ पचपन हो गई है वर्तमान में कृल तीन लाख बावन हजार पांच सौ छियासी सक्रिय मामले हैं भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंघान परिषद ने कहा है कि कल आठ लाख पचपन हजार एक सौ सत्तावन नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की संख्या बढ़कर पन्द्रह करोड़ पैंतालिस लाख छाछठ हजार नौ सौ नब्बे हो गई है प्रतापगढ़ जिले के कंघई क्षेत्र में कल देर रात हुए एक सड़क दुर्घटना में एक सिपाही सहित पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस सत्रों ने बताया कि यह दर्घटना तब हई जब सिपाही और उसके रिश्तेदार चार पहिया वाहन से एक मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर घर लौट रहे थे और घने कोहरे के कारण वाहन एक पेड़ से टकरा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है